भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने आगामी लोकसभा चूनाव में बिहार में बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नई दिल्ली में बातचीत के बाद यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि गठबंधन के अन्य दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी श्री शाह ने बताया कि सीटों की संख्या की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी

इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा गौरतलब है कि बिहार में लोकसभा की कुल चालीस सीटें हैं पिछले चुनाव में भाजपा को बाईस सीटों पर जीत हासिल हुई थी वहीं लोक जनशक्ति पार्टी छह और रालोसपा तीन सीटों पर जीती थी जदयू एनडीए के विरोध में दो हजार चौदह में चुनावी मैदान में उतरा था उसे केवल दो सीटों से ही संतोष करना पड़ा था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि खरीफ मौसम के दौरान अनाज का रिकार्ड उत्पादन होगा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लखनऊ में तीन दिवसीय कृषि कुंभ का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत अधिक लाभ इस नीति पर चलते हुए खेती में वैज्ञानिक तरीकों का अभूतपूर्व समावेश किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान अपनी भूमि के सर्वाधिक इस्तेमाल के लिए सौर पम्प और सौर पैनल जैसी नई तकनीकें अपना रहे हैं

इससे किसानों को एक तो मुफ्त बिजली मिलेगी दूसरा जरूरत के अतिरिक्त जो बिजली पैदा होती है उसको वो बिजली वितरण कंपनियों को बेच भी पाएंगे कल जो हमारा किसान अन्नदाता था वो आज ऊर्जादाता भी बनने की संभावना पैदा हो गई है श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीकों से देश में खेती का स्वरूप बदलने लगा है कृषि कुंभ आने वाले दिनों में किसानों के लिए नये अवसर लाएगा पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित घर से पिछले दिनों बरामद कारतूस मामले में फरार चल रहे उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस उनके घर की कुर्की जब्ती करेगी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा है कि चन्द्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी के लिए उसके संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया गया है राज्य में तंबाकू या निकोटीन यूक्त किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ के उत्पादन बिक्री परिवहन और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है राज्य में पहले से ही तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के बनाने बिक्री परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध लगा हुआ है इससे राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला ही नहीं अब किसी भी तरह के तंबाकू या निकोटीन युक्त अन्य खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि यह प्रतिबंध पच्चीस अक्टूबर से ही लागू हो गया है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है पटना के अगमक्आं थाना क्षेत्र के धन्की मोड़ के पास आज एक यात्री बस के पलटने से चार लोगों की मौत हो गयी जबकि बीस अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि बस पटना से समस्तीपुर जिले के रोसड़ा जा रही थी बताया जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खो देने से बस पन्द्रह फीट गहरे गड़ढ़े में पलट गयी घायलों का इलाज पीएमसीएम और एनएमसीएच में चल रहा है पुलिस हादसे की जांच कर रही है राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि मिशन के तहत चावल गेहूँ मोटे अनाज के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी वहीं मिशन के कार्यान्वयन से गन्ना और जूट जैसी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बीस नवम्बर को विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र में डॉल्फिन और प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए मोटर बोट के परिचालन का शुभारंभ करेंगे पन्द्रह दिसम्बर को भीमबांध आश्रयणी स्थित गर्मजल क्ंड में नवनिर्मित पर्यटकीय सुविधाओं का शुभारंभ होगा कटिहार रेल मंडल में एप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की ब्रकिंग शुरू हो गयी है मंडल के प्रवर वाणिज्य प्रबंधक विवेकानंद द्विवेदी ने बताया कि रेल यात्री यूटीएस ऐप को डाउनलोड कर घर बैठे टिकट बुक करा सकते हैं प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों का टीकाकरण होने से कई तरह की बीमारियों से बचाव के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध हो रहा है

नौहटटा प्रखंड की निवासी मधु देवी ने बताया है वे अपने बच्चों का लगातार टीकाकरण कराती है

आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से ददनजी पांडेय स्वच्छता के बारे में विद्यार्थियों को जागरुक करने लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की ओर से पटना में जारुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सी पी ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से समाज के सभी वर्गों को जोडने की जरुरत है श्री ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता को लोग अपना दायित्व समझेंगे तभी स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य पूरा होगा समारोह को पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एस के मालवीय निदेशक दिनेश कुमार लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार स्वच्छ भारत अभियान पटना के समन्वयक संजय सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संबोधित किया इससे पहले मगध महिला कालेज की छात्राओं ने स्वच्छता जागरुकता रैली भी निकाली नवादा जिले के वारिसलीगंज और कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर लगभग तीन हजार बोतल विदेशी शराब जब्त की है वहीं कैमूर से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक से पुलिस ने एक सौ अठासी लीटर के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरा स्थित वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार पाल ने गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जिले के सुन्दरपुर गांव स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार सिंह के वेतन भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है इसी विद्यालय की शिक्षिका अर्चना कुमारी के नियोजन को रद्द करने का आदेश जारी किया है